गौरतलब है कि सरकार द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन के बाद उच्च न्यायालय ने नई पंचायतों में चुनाव पर रोक लगा दी थी जिस पर राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी

इनमें संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों की पटिटकाएं लगाकर युवाओं को जागरूक किया जायेगा विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल कलराज मिश्र के निर्देश पर सभी विश्वविद्यालयों को एक सूत्र में बांधने के लिए अंतरविश्वविद्यालय खेल उत्सव सहित कई आयोजन होंगे राज्यपाल ने निर्देश जारी कर कहा कि राजभवन में विश्वविद्यालय पार्क बनाया जायेगा जिसमें प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा निर्मित स्मार्ट मॉडल लगाये जायेंगे

शिक्षा राज्यमंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि शेखावाटी क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए सरकार पर्यटन सर्किट के रूप में इन्हें विकसित करेगी यहां सड़के सिवरेज रोशनी और पेयजल सहित सौन्दर्यकरण के काम करवाये जायेंगे

सीकर जिले के झाझड में गांववासियों को संबोधित करते हुए श्री डोटासरा ने बताया कि धार्मिक संस्थानों के लिए अलग से डीपीआर बनवाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है

विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित एक दिन की लोक अदालतो में ढाई लाख मुकदमे चिन्हित किये गये है

आज सिरोही में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि केन्द्र सरकार एक लक्ष्य सबका साथ सबका विकास नीति पर चल रही है श्री शेखावत आज सिरोही के वलदरा गांव में हिंगलाज माता मंदिर के वार्षिक मेले में भाग ले रहे है

महोत्सव में आज शाम सूफी संगीत और इण्डो वेस्टर्न संगीत की फ्यूजन प्रस्तुतियां भी दी जायेंगी शहर के फतहसागर झील की पाल और गांधी मैदान पर आयोजित तीन दिवसीय म्यूजिक फेस्टिवल में भारत के अलावा फ्रांस स्पेन अफ्रीका रूस स्विटजरलैण्ड सहित कई देशो के संगीतकार भाग ले रहे हैं समारोह की इस साल की थीम अनेकता में एकता रखी गई हैं

भारत ने टॉस जीतकर पहले फिल्डिंग का फैसला लिया था

भारत की ओर से यजुवेंद्र चहल ने तीन विकेट लिये